आज ग्यारह हजार चार सौ सात नये मामलों की प्रष्टि

राज्यों को भी इसके लिये पहल करने का दिया परामर्श

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रदेश में कोविड मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख बीस हजार तीन सौ बावन हो गयी है आज कोविड के ग्यारह हजार चार सौ सात नए मामलों की पुष्टि हुई पटना सहित छह जिलो में पांच सौ से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई पटना में सर्वाधिक दो हजार अठाईस नए नये मामले सामने आये हैं जबकि वैशाली में एक हजार पैंतीस गया में छह सौ बासठ मूजफ्फरपूर में छह सौ तिरपन पश्चिमी चंपारण में पांच सौ उनचास और बेगूसराय में पांच सौ दस नए कोरोना संक्रमित मिले पिछले चौबीस घंटे में राज्य में बहत्तर हजार छह सौ अंठावन सैम्पल की कोरोना जांच की गई देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज कुछ राहत की खबर है पिछले सप्ताह एक दिन में लगभग चार लाख मामले सामने आने के बाद पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन लाख अड़सठ हजार से अधिक लोगों में संक्रमण पाया गया है लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन में तीन लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक एक करोड़ बासठ लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस समय देश में चौंतीस लाख तेरह हजार से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है केन्द्र सरकार ने वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कोविड से निपटने के लिये एम बी बी एस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किए जाएगा अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है यह फैसला भी किया गया कि वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में बी एस सी जनरल नर्सिंग और मिड वाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं ऐसे सभी प्रोफेशनल को सौ दिन की कोविड ड्यूटी प्ररी करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि कोविड मरीजों को राहत उपलब्ध कराने के लिए श्रम शक्ति की अधिकतम उपलब्धता के लिए इसी तरह के उपायों पर विचार किया जाए समीक्षा बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम चार महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया इससे कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी यह परीक्षा इस वर्ष इकतीस अगस्त से पहले नहीं होगी परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम एक महीना दिया जाएगा राज्य सरकार ने प्रमुख सरकारी कोविड अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाकर उन्नीस सौ कर दी है अब कोविड संक्रमित लोगों को इलाज में काफी सुविधा होगी प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमसीएच आईजीआईएमएस राजेन्द्र नगर नेत्रालय और बिहटा रिथत ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेड की संख्या में बढ़ोतरी की गयी है बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज के लिये सौ बेड की सुविधा शुरू हो गयी है रक्षा मंत्रालय के संगठन डीआरडीओ की ओर से इस अस्पताल का संचालन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढाने के उपायों की समीक्षा की इस्पात उद्योग रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल इकाइयों उद्योगों बिजली संयंत्र जैसे उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है साउंड बाईट सरकार द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनायी जा रही है जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही हैं इनमें से राहरों के निकट इकाइयों की पहचान की गई है जिनके पास अस्थायी कोविड देखमाल केंद्र स्थापित किए जा सके ताकि बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके प्रायोगिक आधार पर ऐसे पांच केन्द्र शुरू किए गए हैं यह प्रक्रिया संयंत्र चला रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी उद्योगों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समन्वय से संपन्न की जा रही है केन्द्र सरकार के अनुसार जल्द ही ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब दस हजार बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश में अब तक बहत्तर लाख पंचानवे हजार एक सौ पैंसठ लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल उनसठ हजार आठ सौ पैंतीस लोगों का टीकाकरण किया गया इनमें से इकतीस हजार बयालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि अठाईस हजार सात सौ तेरानवे लोगों को दूसरी डोज दी गई वहीं देश में अब तक पंद्रह करोड़ इकहत्तर लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल बारह लाख दस हजार से अधिक कोविड के टीके लगाए गए विधान परिषद् परिसर में आज से विशेष कोविड टीकाकरण अभियान की शुरूआत हुई विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि सदन के सदस्यों के अलावा परिषद सचिवालय के कर्मचारियों और उनके परिजनों को भी इस अभियान के तहत कोविड का टीका दिया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने पटना के राजेन्द्र नगर बोरिंग रोड रूपसपुर राजा बाजार और गांधी मैदान के आसपास के क्षेत्रों में भीड़ भाड़ की स्थिति को देखा मुख्यमंत्री सारी स्थिति की अभी पटना में शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्ष बैठक कर रहे हैं बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत भी उपस्थित हैं माना जा रहा है कि बैठक में कोविड नियंत्रण को लेकर आगे की रणनीति को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है गौरतलब है कि राज्य में पंद्रह मई तक कोविड रोकथाम को लेकर कई प्रतिबंध लगाये गये हैं पटना शहर में विभिन्न मंडियों में भीड़ नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने दंडाधिकारियों की तैनाती की है दीघा बाजार बाजार समिति पटना राजेन्द्र नगर मीठापुर और मालसलामी स्थित मारूफगंज थोक किराना मंडी में इन दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है इधर कंकड़बाग और राजेन्द्र नगर की सब्जी मंडियों में कोविड दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बाद दोनों सब्जी मंडियों को कंकड़बाग के रेनबो मैदान में स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया है जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने मीठापुर थोक सब्जी मंडी को चितकोहरा मैदान और दीघा सब्जी मंडी को आईटीआई मैदान में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित जिले में विभिन्न प्रखंडों के बत्तीस गांवों में कोविड के मामले पाये जाने के बाद बत्तीस कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं इन क्षेत्रों में आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है आने जाने के रास्तों को बैरिकेडिंग कर घेर दिया गया है इधर शेखपुरा जिले में कोविड के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर बारह मई तक स्थानीय अदालत में न्यायिक कामकाज स्थगित कर दिया गया है प्रभारी जिला न्यायाधीश मोहम्मद ग्यासुद्दीन ने कहा है कि इस दौरान केवल रिमांड संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जायेगा वीर कृंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के क्ल सचिव प्रोफेसर नन्हेश्वर प्रसाद का कोविड के कारण निधन हो गया उनका इलाज रोहतास के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने समाजवादी नेता एसए करीम बाबू का आज उनके पैत़क आवास समस्तीपुर जिले के मथुरापुर में निधन हो गया वे तिरानवे वर्ष के थे मथुरापुर स्थित कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द ए खाक किया गया उनके निधन पर राज्य के पूर्व मंत्री और सांसद रामनाथ ठाकुर ने गहरा शोक जताया है प्रदेश में आज कई स्थानों पर काल वैशाखी के प्रभाव से तेज आंधी के साथ बारिश हुई है शेखपुरा अरवल पटना बक्सर भोजपुर अरवल गया जहानाबाद और आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है हमारे संवाददाताओं ने बताया कि जमुई और समस्तीपुर में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण क्षेत्र बना हुआ है और एक ट्रफ लाईन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजर रही है

पत्रकारों को कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट लाईन वर्कर का दर्जा मिलने के बाद उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोविड का टीका देने की कार्रवाई शुरू हो गयी है पटना जिला प्रशासन ने टीकाकरण कराने के इच्छ्क पत्रकारों से अपने सत्यापित आधार कार्ड भेजने को कहा है अपना पंजीकरण कराने के लिये पत्रकार पटना जिला जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय के ई मेल पता डीपीआरओ पटना एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर अनुरोध भेज सकते हैं इसके अलावा सीधे जिला जनसंपर्क कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है बेगूसराय जिले के बखरी में घाघरा इलाके में एक पानी भरे गड़ढे में ड्बने से पांच बच्चों की मौत हो गयी सभी शव बरामद कर लिये गये हैं रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चार अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप से नौ लाख तेईस हजार रूपये लूट लिये पेट्रोल पंप मैनेजर बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था प्रदेश में चिकित्सकों के एक हजार पदों पर अस्थायी नियुक्ति के लिए दस मई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों में इंटरव्यू आयोजित की जायेगी उन्होंने बताया कि जल्द ही पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जायेगी

आज ग्यारह हजार चार सौ सात नये मामलों की पुष्टि

राज्यों को भी इसके लिये पहल करने का दिया परामर्श